ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना बताई जा रही है इसके तहत करीब दस करोड परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इसका लक्ष्य पचास करोड़ लोगों को नकदी रहित इलाज की सुविधा प्रदान करना है

योजना के तहत लाभार्थी देश में कहीं भी बिना किसी परेशानी के इलाज करवा सकते हैं वस्तु और सेवा कर जी एस टी का भुगतान करने वाले डीलरों के लाभ के लिए नया सरलीकृत जी एस टी रिटर्न फॉर्म छह महीने में उपलब्ध हो जाएगा बेंगलुरु में जी एस टी नेटवर्क के बारे में मंत्री समूह की दसवीं समीक्षा बैठक के बाद मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इंफोसिस से कहा गया है कि वह जी एस टी परिषद की सिफारिश के आधार पर नया फॉर्म तैयार करे ये फॉर्म जी एस टी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया को और आसान बना देगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है

रिकॉर्ड किए गए कृछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

प्रदेशभर में रोड़वेज कर्मियों की हड़ताल आज सातवें दिन भी जारी है हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं रोड़वेज को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है अनंत चतुर्दशी का पर्व आज प्रदेशभर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विभिन्न जलाशयों में गणपति की मूर्ति का विजर्सन किया जा रहा है और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं इसके अलावा मंदिरों में अनंत भगवान की पूजा और अनंत कथा का वाचन हो रहा है गौरतलब है कि इस बार पर्यावरण प्रदषण को कम करने के उद्देश्य से ईको फ्रेंडली मिटटी की गणपति की मूर्तियां बनाई गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोगों से ईको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों का पूजन करने का आग्रह किया था बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत एक अनूठी पहल के रुप में मातृशक्ति को पोषण देने के लिए हर आंगनवाडी केन्द्र और घर परिवार में किचन गार्डन तैयार करवाएं जा रहे हैं जिला कलेक्टर ने बताया कि आंगनवाड़ी कोन्द्रों और अन्य स्थानों पर पचास पचास नये किचन गार्डन का निर्माण करने का लक्ष्य दिया गया था

एशिया कप क्रिकेट ट्र्नामेंट में आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर का निर्णायक मैच खेला जायेगा इसके बाद जीतने वाली टीम का फाइनल का दावा मजबूत हो जायेगा भारतीय टीम द्वारा बांग्लादेश पर मिली आसान जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब रहेगी

राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे विभिन्न स्थानों पर पानी भर गया है इंगरपुर प्रतापगढ़ और झालावाड में भी हल्की बरसात का दौर जारी है झालावाड़ जिले में जलाशयों में पानी की आवक बढ़ रही है भीमसागर और कालीसिंघ के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है चित्तौड़गढ़ में आज सुबह से तेज बरसात हो रही है हनुमानगढ़ जिले में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है हालांकि अभी हल्की बारिश से फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं है लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार दो तीन दिन यही स्थिति बनी रहती है तो उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा किसानों के अनुसार जिन खेतों में नरमा कपास की फसल पककर तैयार है उनके लिए ये बारिश नुकसानदायक है नरमा और मूंग की फसल में नुकसान की आशंका है इधर बूंदी जिले में बारिश के कारण खेतों में काट कर रखी गई फसलें खराब हो रही हैं सबसे ज्यादा नुकसान उड़द और सोयाबीन की फसल का हुआ है किसानों ने सर्वे कराके आर्थिक मदद की मांग की है गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिये येलो अलर्ट जारी किया है